श्री मोदी ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है अब तक आप जैसे परिवारों का करीब नौ हजार करोड रूपए से ज्यादा का पैसा बच गया है क्योंकि दवाईयां उनको बहत कम पैसे में मिल गई हैं अब उसके कारण पहले वो दवाई लेते नहीं थे अब दवाई ले रहे हैं तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया पैसे बच गए तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भई चलो अब अच्छे काम के लिए बच्चों की पढाई के लिए हम पैसों को खर्च करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुझे ये आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं पहचानते हैं अगर उनको दवाईयां खानी पड रही है तो उनको जरूर बताईये आप ये जन औषधि केन्द्र से दवाई लिजिए लोग उसको मोदी की दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाईए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए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 ये योजना गरीब और विशेषकर के मध्यम वर्गीय परिवारों की बहत बड़ी साथी बन रही है ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन बैठी है औषधि केन्द्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं विशेष रूप से हमारी बहनों को हमारी बेटियों को जब सिर्फ ढाई रूपए में सेनिट्री पैड्स उपलब्ध कराएं जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है अब तक ग्यारह करोड से ज्यादा सेनिट्री नैपकिनस इन केन्द्रों पर बिक चुके हैं प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाएं संचालित कर रही हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान सस्थान में देश के साढे सात हजारवें जन औषधि केन्द्र को राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह तक देश में सौ से भी कम जन औषधि केन्द्र थे प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर पचहत्तर जिलों में जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे श्री मोदी ने बताया कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष दो हजार तेइस को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ेगी जिससे छोटे किसानों को फायदा पहुंचेगा

कल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ मिशन शक्ति के दूसरे चरण की शुरूआत की जायेगी हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर कल प्रदेश के सभी जनपदों में तीन कोविड टीकाकरण बूथों पर सिर्फ महिला स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर होगी इनक द्वारा बूथों पर आने वाली साठ वर्ष से अधिक आयुवर्ग की महिलाओं तथा गंभीर रोगो से ग्रसित पैतालीस से अधिक आयु वाली महिलाओं का टीकाकरण किया जायेगा वहीं राजधानी लखनऊ में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर छोटा इमामबाड़ाबड़ा इमामबाड़ा और रेजीडेंसो सहित अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में महिला दर्शका के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी

अपने बघाई सन्देश में मुख्यमत्री ने कहा कि देश और समाज की प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों मे महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास में अनेक महिलाओं के ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उपलब्धियों के उच्चतम आयाम स्थापित किये उन्होंन कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वालम्बन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है

इसका समापन प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने किया इस अवसर पर श्री राणा ने कहा कि गुड़ महोत्सव में गुड़ से बने उत्पादो को एक नई पहचान मिली है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य गुड़ महोत्सव का शुभारम्भ किया था एक जिला एक उत्पाद योजना के तज पर गुड़ को देश और दुनिया में उपयुक्त बाजार देने और उसकी ब्रान्डिंग के लिए गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गयां महोत्सव के दौरान गन्ना उत्पादकों को उच्च क्वालिटी का गुड बनाने तथा उसके सह उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया इसके साथ साथ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में गुड़ विशेषज्ञों और गुड़ उत्पादकों के साथ कई सत्र म चर्चाएं भी गयीं महोत्सव में गुड़ से तैयार किये गये विभिन्न उत्पादो की प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी जहां लोगों को गुड़ के फायदे व इसके औषधि गुणों से परिचित कराया गया

उन्होंने बताया कि पिछले चार साल के दौरान प्रदेश में बीस मिनी स्टेडियम और खेलों इण्डिया खेलों के तहत उन्नीस स्टेडियम बनाये गये हैं

वो खेल विभाग में हुआ

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज पत्रकारों को बताया कि अब तक राज्य में बीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ चवालीस लोगों को कोविड का टीका लग चुका है

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमित एक सौ सत्रह नये मामले सामने आये हैं वहीं इस दौरान एक सौ इक्यान्नबे लोग कोरोना से स्वस्थ्य हुये है उन्होंने बताया कि प्रदेश में तेरह मार्च से सत्ताइस मार्च तक पन्द्रह दिवसीय फोकस टेस्टिंग अभियान चलाया जायेगा